केन्द्रीय राज्यमंत्री कृष्ण पाल गूर्जर ने कहा है कि हरियाणा में विकास कार्यो के लिए केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से धन की कोई कमी नहीं आने दी जायेगी हरियाणा सरकार ने प्रदेशभर में सिंचाई के लिए पानी कमी को दूर करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई के लिए किसानों को दी जा रही सबसिडी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा की बेटियों ने न केवल प्रदेश का बल्कि देश का नाम विश्व में रोशन किया है म्ख्यमंत्री ने मनिका श्योकंद को मेरा पानी मेरी विरासत योजना ब्राण्ड अम्बेसडर बनने का प्रस्ताव दिया

कोविड वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है याद रखना दवाई भी और कड़ाई भी यह भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना मास्क पहनना व दो गज की द्री अभी भी जरूरी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व के लिए भारत में विश्व स्तरीय उत्पादों को तैयार करने की जरूरत पर बल दिया है आज वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से नेसकॉम प्रोद्योगिकी और नेतृत्व मंच को सम्बोधित करते हये श्री मोदी ने स्टार्ट अप और नवा चार्यो को अपील की कि वो इस पर विचार करे कि विश्व स्तरीय उत्पाद कैसे तैयार किये जाये जो उत्कृष्टता में वैश्विक मांपदड तय कर सके श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी ने नागरिकों को सशक्त किया है और उन्हैं सरकार के साथ जोड़ा है उन्होंने कहा कि भारत में सुझावों और विचारों की कोई कमी नहीं है लोगों को उनके विचारों की सत्यता में बदलने के लिए अन्भवी परामर्शदाताओं की जरूरत है

उन्होंने कहा कि एक समय था कि भारत चेचक की वैक्सीन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था परन्तु आज भारत दूसरे देशों के कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए भारत से तैयार की गई वैक्सीन उपलब्ध करवा रहा है प्रधानमंत्री ने कहाकि सरकार जानती है कि अवरोध भविष्य के नेतृत्व को विकसित होने की कभी इजाज़प्र नहीं देते उन्होंने बताया कि इसलिए सरकार प्रौदयोगिकी उदयोग में अनावश्यक नियमों को खत्म कर रही है श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय डिजीटल संचार नीति एक ऐसा ही प्रयास है श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यकत की कि देश का पूरी तरह नकदी पर निर्भर समाज नकदी विहीन अर्थव्यवस्था की ओर जा रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि एक प्रमुख कदम उठाते हये उदयोग के लिए भू स्थानिक डाटा और मानचित्रण सम्बधी नीतियों को उदार बनाया गया उन्होंने कहा कि इस कदम से देश का प्रौदयोगिकी आधारित स्टार्टअप सशक्त बनाने में मदद करेगा और आत्मनिर्भर मिशन को प्रोत्साहिंत करेगा हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र पांच मार्च को बुलाया गया है सत्र दोपहर बाद दो बजे श्रू होगा एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सत्र के आरंभ में राज्यपाल हरियाणा विधानसभा के सदस्यों को सम्बोधित करेंगे केन्द्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गूर्जर ने कहा है कि विकास कार्यो के लिए केन्द्र और प्रदेश सरकार की तरफ से धन की कमी नहीं आने दी जायेगी आमजन को मूलभूत विकास की सुवधिायें प्रदान करना ही केन्द्र और राज्य सरकारों की मुख्य मकसद है श्री गूर्जर आज कोट गांव में कोट से मांगर को जोड़ने वाली सड़की की विधिवत श्रूआत करने उपरान्त उपस्थित लोगों को सम्बोधित कर रहे थे

इसके लिए जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया के अन्सार सबसिडी के इच्छ्क व्यक्ति का पासपोर्ट साइज़ फोटो व्यक्तिगत विवरण बैंक विवरण पता और परिवार पहचान पत्र आवश्यक है सूक्षम सिंचाई एंव कामन क्षेत्र विकास प्राधिकरण के एक प्रवक्ता ने इस बारे में और अधिका जानकारी देते हये बताया कि इस सूक्षम सिंचाई पहल के तहत किसानों को तीन योजनाओं की पेशकश की जा रही है

तीसरी योजना उनके लिए है जहां पानी स्त्रोत टयूबवैल ऊपर से बइने वाले तालाब खेत में बने टैंक और खेत मे लगे ड्रिप छिड़काव यंत्र है

केन्द्रीय श्रम एवं रोज़गार राज्य मंत्री श्री संतोष कमार गंगवार कल चंडीगढ़ स्थित श्रम ब्यूरो में पूरे भारत में किये जाने वाले पांच सर्वेक्षणों की एप्प जारी करेगे इस अवसर पर वह इन सर्वेक्षणों के लिए प्रश्नावली सहित दिशा निर्देशों सम्बधी एक किताब्चा जारी करेगे इस मौके पर श्रम एवं रोज़गार सचिव अपूर्वा चंद्र वरिष्ठ श्रम एवं रोज़गार सलाहकार और श्रम ब्यूरों के महानिदेशक डी पी एस नेगी मौजूद रहेंगे दफ्तर के द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि पूरे भारत मे किये जाने वाले पांच सर्वेक्षणों में घरेलू कामगारों में प्रतिशतता प्रवासी मज़दरों की संख्या और उनके रहन सहन और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए किये जाने वाले सर्वेक्षण शामिल है इसके अलावा पेशेवरों द्वारा पैदा किये गये रोज़गार का पता लगाने के लिए काम कर रहे पेशेवर की गिनती इकट्ठी करने परिवहन क्षेत्र मैं पैदा हये रोज़गार के मौकों का पता लगाने के लिए भी सर्वेक्षण किये जा हरे है प्रवक्ता ने बताया कि गैर कृषि अर्थव्यवस्था में आठ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की स्थिति जो बदलाव का पता लगाने के लिए सर्वभारतीय सर्वेक्षण किया जा रहा है हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेश की बेटियों की उपलब्धियों पर गर्व प्रकट करते हए कहा है कि उन्होंने न केवल हरियाणा का बल्कि देश का विश्व में नाम रोशन किया है मुख्यमंत्री आज अपने निवास पर फेमिना मिस ग्रैंड इण्डिया मनिका श्योकंद से भैंट के दौरान बातचीत कर रहे थे